श्री मोदी ने कहा है कि जहां भारत देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है वहीं वैश्विक महामारी कोरोना ने भी हमारे देश को अपनी चपेट में ले लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को यह आशंका थी कि भारत कोरोना के असर से विश्व के लिए समस्या बन जाएगा लेकिन आज अपने विश्वास और लचीलेपन से देश के लोगों ने विश्व का नजरिया बदल दिया है श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और सम्पन्न देशों की त्लना में कहीं अधिक है

बैठक में विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने नमूना परीक्षण की आउटसोर्स करने का निर्णय लिया मंत्रिमंडल ने विशेष रुप से पी पी ई किट्स और वी टी एम के लिए पर्याप्त उपभोग्य सामग्रियों की खरीद और परीक्षण स्विधाओं को स्धारने के लिए दस क्वीट्रो और चार ड्र ट्रनेट मशीन खरीदने का भी फैसला किया बैठक में आवश्यक सामग्री ले जाने वाले वाहनों के ड्राईवरों के लिए सीत् टेस्टिंग के भीतर महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाने का भी निर्णय लिया गया स्वास्थ्य व्यवसायियों को बढ़ाने खासतौर से कॉर मेडिकल फिल्ड ड्यूटीस के लिए चिकित्सकों और नर्सों की आवश्यकता को दोहराते हुए मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत स्वास्थ्य कर्मचारियों को कॉन्ट्रेकचूएल के आधार पर काम में लगाने को भी मंजूरी दी स्वास्थ्य क्षेत्र को सुधारने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के विभिन्न फंडिंग विंडो द्वारा चौबीस महीने के निष्पादन समय के साथ तीन सौ पैसठ करोड़ की अन्मानित लागत से वित्त पोषित अद्वारह जिला अस्पताल के उन्नयन और नए जिलों के लिए नया अस्पताल बनाने को भी मंजूरी दी यह परियोजना सशक्त समिति द्वारा चलाया जाएगा जिसमें योजना एवं निवेश आय्क्त अध्यक्ष योजना अभियंता और स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक सदस्य और संबंधित कार्यकारिणी विभागीय सचिवों को विशेष निमंत्रण के रुप में शामिल होंगे

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह पैंसठवीं कड़ी होगी

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के त्रन्त बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्न प्रसारण शाम को आठ बजे किया जाएगा

जिसमें से छह हजार दो सौ अड़सठ निगेटिव और एक हजार दो सौ सोलह के परिणाम आना बाकी है राज्य में अब तक कोविड पॉजिटिव मामलों की कोई रिपोर्ट नहीं है

डिपरो के रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ए पी एम सी तवांग किसानों की खेती से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों की खरीद और सरकार द्वारा अन्मोदित दर पर उन्हें बेचने के लिए बह्त सक्रिय है

जिला घरेलू उत्पाद के नियमों पर विचार विमर्श के दौरान जिला उपाय्क्त ने क्षेत्र के स्थानीय विकास में डी डी पी डाटा के महत्व को समझने और यह सरकार दवारा विकासात्मक योजनाओं को बनाने में कैसे मदद करता है पर जानकारी दी श्री लीग् ने सभी संबंधित स्रोत विभागों को समय समय पर जिला सांख्यिकी कार्यालय को सटीक डाटा मुहैया कराने का निर्देश दिया